वे आज दोपहर बाद बिलासपुर में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे और शाम को उनका भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल में किये जा रहे विकास सम्बंधी कार्यों को लेकर चर्चा की अमित शाह ने प्रदेश के विकास के लिये हर संभव सहायता का आश्वासन दिया बाद में जयराम ठाक्र ने केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से भी मुलाकात की नवरात्र शारदीय नवरात्र के नौवें दिन आज माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती हैं नवरात्र पर्व पर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और सभी शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और धार्मिक कार्यक्रमों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है प्रधानमंत्री इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा कि माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद समाज की बेहतरी के लिए बना रहेगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिला लाहल स्पिति की ऊंची चोटियों पर बीती रात से ही रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है

बर्फबारी से घाटी में लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी ने ली मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ अजीत समाचार लिखता है लिंगप्पा नारायण स्वामी ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ भरमौर उपमंडल में कल हुए सड़क हादसे की खबर का भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल लिखता है भरमौर में खाई में गिरी बोलैरो चार की मौत मुख्यमंत्री ने जताया शोक

पंजाब केसरी का शीर्षक है पहाड़ी धंसने से पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे बंद इसी खबर पर आपका फैसला की सुर्खी है पांवटा शिलाई एनएच धंसा सैंकड़ों गांवों का सम्पर्क कटा दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम जयराम इन्वैस्टर्स मीट में शामिल होने का दिया औपचारिक निमंत्रण दैनिक जागरण के शब्द हैं अमित शाह से मिले जयराम नड्डा के साथ आज लौटेंगे